केन्द्र सरकार ने अरहर दाल के मुल्यों में कृत्रिम बढोतरी रोकने के उददेश्य से निजी व्यापारियों के लिये आयात सीमा अक्टूबर तक बढाकर चार लाख टन की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित होगा प्रदेश में कल शाम कई स्थानों पर आंधी और बारिश होने से तापमान में मामूली गिरावट आई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक करेंगे नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कार्ययोजना की रूपरेखा स्पष्ट कर सकते है नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्रिपरिषद की बैठक नियमित रूप से होती रही है प्रधानमंत्री ने सोमवार को केन्द्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की थी और उनसे स्पष्ट लक्ष्यों के साथ प्रत्येक मंत्रालय का पांच वर्षीय योजना दस्तावेज तैयार करने को कहा था मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी केन्द्र सरकार ने निजी व्यापारियों के लिये इस वर्ष अक्टूबर तक अरहर दाल के आयात की सीमा चार लाख टन तक बढाने का निर्णय किया है सरकार ने सहकारी संस्थान नेफेड से भी कहा है कि वह खुले बाजार में दो लाख टन मसूर की दाल उपलब्ध कराये ये निर्णय कल खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हई एक अंतर मंत्रालय समिति की बैठक में लिया गया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

उन्होंने कहा कि दालों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जायेगी और सरकार उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने की छूट किसी को भी नहीं देगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की बैठक में राज्य के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में सुरक्षा विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा की गई मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिता है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त किया जाएगा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित किया जाएगा

बैठक में अजमेर के सभी विभागों के अधिकारी शिरकत करके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा करेंगें उधर शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के निर्देश जारी किए है

विशिष्ट शासन सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा और केन्द्रीय मिशन निदेशक मनोज झालानी भाग लेंगे

उदयपुर शहर के प्रतापनगर नगर इलाके में एसओजी ने कल एक कार से साढ़े पांच किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम ने देबारी के पास नाकाबंदी के दौरान चित्तौडगढ की तरफ से आई कार को रूकवाकर उसकी तलाशी ली तलाशी में कार से साढे पांच किलो से ज्यादा अफीम बरामद की

प्रछताछ में आरोपी ने यह अफीम सांचौर में सप्लाई किया जाना बताया प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड रही भीषण गर्मी के बाद कल कई स्थानों पर आंधी और बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है जयप्र उदयप्र और पिलानी में देर शाम ध्रलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई

विभाग के अनुसार अगले चार पांच दिन तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस माह की तीस तारीख को आकाशवाणी के जरिये मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश के नागरिकों के साथ साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है श्रोता अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते है